इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरूआत की इसका उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत के नौजवान खिलाड़ियों को बधाई देने का है जो विश्व मंच पर तिरंगे को लगातार नया गौरव प्रदान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि चाहे बैडमिंटन टेनिस एथलेटिक्स बॉक्सिंग कुश्ती या अन्य कोई भी खेल हो भारतीय खिलाड़ी देश की आशाओं और आकांक्षाओं को नये पंख दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल का सीधा संबंध फिटनेस से है और फिटनेस केवल एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक शर्त है उन्होंने कहा कि फिटनेस भारत में जीवन का अनिवार्य हिस्सा रहा है लेकिन समय के साथ लोग फिटनेस के प्रति उदासीन हो गये हैं उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी के आने के साथ शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं फिटनेस को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनियमित जीवन शैली से मधुमेह और हाइपर टेंशन जैसी बीमारियां हो रही हैं जो जीवनशैली परिवर्तन से ठीक हो सकती हैं उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान लोगों को इन बदलावों के लिए प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अभियान में आगे आने को कहा उन्होंने यह भी कहा कि ये पहल समय की जरूरत है और इससे देश का स्वस्थ भविष्य होगा श्री मोदी ने कहा कि सफलता और फिटनेस एक दूसरे से जुड़े हैं और ज्यादातर सफल लोग फिट हैं वहीं खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे पहलवान बजरंग प्रनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाडियों में क्रिकेट में ऑल राउंडर रविन्द्र जड़ेजा फुटबॉल में गुरप्रीत सिंह संधु हॉकी खिलाड़ी चिंगलेनसाना कांगुजम धावक मोहम्मद अनस एथलीट स्वप्ना बर्मन और निशानेबाज अंजुम मुदगिल प्रमुख हैं आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार को लैंड एडवेंचर वर्ग में तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा प्रदेश खेल इसी तरह राज्य में भी खेल दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम और प्रतियोगितायें हो रही हैं राजधानी के टीटी नगर स्टेडियम में साई भोपाल और हॉकी अकादमी की टीमों के बीच दोस्ताना हॉकी मैच खेला गया जिसमें साई भोपाल ने हॉकी अकादमी को पांच तीन से पराजित किया ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों ने इस अवसर पर फुटबॉल मैदान में एक साथ बारह सौ कदम पैदल चले होशंगाबाद में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया शाजापुर में सायकिल रैली निकाली गई जिसमें स्कूली बच्चों जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

राज्य के अन्य स्थानों खंडवाटीकमगढ़ शिवपुरी आदि में भी खेल दिवस मनाया जा रहा है इंदौर खजराना इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की भोजनशाला को भारत सरकार के संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण ने सेफ भोग प्लेस के प्रमाणपत्र के लिये चयनित किया प्राधिकरण ने अपने परीक्षण में पाया है कि मंदिर में मिल रहा प्रसाद और अन्य खाद्य सामग्री पूरी तरह शुद्ध स्वच्छ सुरक्षित और पौष्टिक है

पूर्व में गणेश चतुर्थी को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था मौसम राज्य में बारिश के चलते अधिकतर स्थानों पर नदी नाले उफान पर हैं जिससे कई क्षेत्रों में आवागमन के साथ ही कई जिलों में सामान्य जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ा है हमारे शिवपुरी संवाददाता के अनुसार सिंध नदी में जल स्त्र बढ़ने पर अटलसागर खेड़ा बांध के दो गेट खोले गये हैं

स्टेशन की सफाई के लिये आधिकारियों कर्मचारियों यात्रियों वेंडर्स कुली और संत निराकारी ट्रस्ट के स्वयं सेवकों ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया

यह प्रतियोगिता एक सितम्बर तक चलेगी